केन्द्र सरकार आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक दो हजार उन्नीस विचार और पारित कराने के लिए पेश करेगी गृह मंत्री अमित शाह ने कल सदस्यों को आश्वासन दिया था कि वे इस विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे उन्होंने कहा कि विपक्षी दल विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और वे इस मुद्दे पर उत्तर देने के लिए तैयार हैं राज्यसभा कल ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है विधेयक के पक्ष में एक सौ पच्चीस और विरोध में इकसठ मत पड़े थे यह बिल जम्मू और कश्मीर को विधानसभा के साथ केन्द्र शासित प्रदेश जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित करने का प्रावधान करता है कल ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने से संबंधित संकल्पों को भी राज्यसभा ने पारित कर दिया था राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के जबाव में गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि घाटी में स्थिति सामान्य होने के बाद जम्मू कश्मीर यथाशीघ्र केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बन जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ग्रहमंत्री अमित शाह के भाषण की सराहना की है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पहले हुए अन्याय और सरकार के द्रष्टिकोण को मजब्रती से रखा ट्वीटर पर गृहमंत्री के भाषण को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अमित शाह ने पैनी द्रष्टि के साथ अपने विचार विस्तार के साथ रखे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश के अन्य राज्यों की तरह कश्मीर के लोगों को भी विकास के भरपूर अवसर प्रदान करना चाहती है अपने टवीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि कश्मीर के लोग भी वहां बेहतर शिक्षा विकास और शांति चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान हटाने के ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने इसे ऐतिहासिक गलती को सुधारने वाला साहसिक कदम बताया भाजपा सांसद विजय गोयल ने कहा कि यह एक साहसिक कदम है कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि सरकार ने ऐतिहासिक गलती में सुधार कर दिया है

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि वे देश की एकता को मजबूत करने वाले किसी भी कदम का स्वागत करते हैं लेकिन लोकतंत्र में कोई भी फैसला आम सहमति से होना चाहिए केन्द्र सरकार द्वारा धारा तीन सौ सत्तर समाप्त करने के निर्णय का स्वागत करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार ने ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है उन्होंने कहा कि इससे भारत की एकता तथा अखंडता और मजबूत हुई है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि कश्मीर में विकास के एक नये युग की शुरूआत हुई है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि केन्द्र की एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र पर काम कर रही है वहीं राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने केन्द्र के फैसले का विरोध किया है कांगेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाना समस्या का समाधान नहीं है जम्मू कश्मीर को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी एडवाइजरी के बाद प्रदेश में चौकसी बढ़ा दी गयी है केन्द्र का पत्र मिलने के बाद राज्य प्रलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है मुख्यालय ने जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को भेजे निर्देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने को कहा है रेलवे स्टेशन बस स्टैंड समेत भीड़ वाले चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिये हैं सोशल मीडिया पर भडकाऊ पोस्ट डालने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई भी करने को कहा गया है उच्चतम न्यायालय अयोध्या में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मुद्दे पर आज से रोजाना सुनवाई शुरू करेगा इस मसले का मध्यस्थता के जरिये सौहार्द्रपूर्ण समाधान के प्रयास असफल होने के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किया था प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोब्डे डी वाई चंद्रचूड़ अशोक भूषण और एस ए नजीर शामिल हैं पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर व्याख्याता और सहायक प्रोफेसर के एक हजार पांच सौ अड़सठ पदों पर होने वाली नियुक्ति के विज्ञापन सहित नियुक्ति के लिए बनाये गये नियमों को रद्द कर दिया है न्यायामूर्ति ज्योति शरण और पार्थसारथी की पीठ ने इस मामले पर सूनवाई करते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति के लिए नये सिरे से कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है न्यायालय ने कहा कि निय्रक्ति में गेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता देना गलत है क्योंकि यह कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में हड़ताल पर चल रहे पटना एम्स और पीएमसीएच के डॉक्टर काम पर लौट आये हैं एम्स में गुरूवार से जबकि पीएमसीएच में शनिवार से डॉक्टर हड़ताल पर थे इधर आईएमए की बिहार शाखा के सचिव डॉक्टर ब्रजनंदन प्रसाद ने कहा है कि बिल के विरोध में प्रदेश के डॉक्टर आठ अगस्त को एकबार फिर हड़ताल पर रहेंगे इस दिन इमरजेंसी समेत अन्य सभी सेवाएं बाधित रहेगी बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मुंशी गूट के महामंत्री मुंशी प्रसाद सिंह का पटना स्थित एम्स में निधन हो गया वे पचासी साल के थे उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा है कि हर घर नल का जल योजना की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए तीन स्तरों पर जांच की जायेगी उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए प्राइवेट इंजीनियरों की सेवा भी ली जायेगी

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज विनोद कुमार को सासाराम प्रलिस ने रांची से गिरफ्तार कर लिया है पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र से अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यवसायी से तीन लाख रूपये लूट लिये आज के सभी समाचार पत्रों ने धारा तीन सौ सत्तर से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है कश्मीर का खास दर्ज खत्म दैनिक भास्कर ने लिखा है देश में अब एक विधान एक निशान प्रभात खबर ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हालात सुधरे तो फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है अगस्त में आयी एक और क्रांति सभी समाचार पत्रों ने धारा तीन सौ सत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए की गयी विशेष व्यवस्था और प्रावधानों को कई पन्नों में प्रकाशित किया है